कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

वरिष्ठ अधिकारियों की यह टीम राज्य स्तर पर कोविड प्रबंधन से जुड़े कार्यों को देखेगी

स्वास्थ मंत्री की टीम मेडिकल किट टेस्टिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं की बढ़ोत्तरी से जुड़े कार्यो के प्रति जवाबदेह होगी

यह भारत सरकार के साथ समन्वय से जड़े कार्यों व पत्राचार आदि का निर्वहन करेंगे साथ ही आइसीसीसी की मॉनिटरिंग भी इनकी जिम्मेदारी होगी चौथे सदस्य अपर मुख्य सचिव गृह होंगे जो प्रदेश में ऑक्सीजन की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करगे कंटेनमेंट जोन लॉ एंड ऑर्डर साप्ताहिक बन्दी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए डीजीपी के नेतृत्व में कार्य होगा छठवीं टीम अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज की होगी जो स्वच्छता फॉगिंग सैनिटाइजेशन और निगरानी समितियों की मॉनिटरिंग करेगी इसी प्रकार कृषि उत्पादन आयुक्त की जवाबदेही गन्ना खाद्यान्न वितरण पशुपालन और क्रषि संबंधित कार्यों के सूचारू क्रियान्वयन की होगी

इस अवधि में औद्योगिक गतिविधियां पूर्व की तरह संचालित होती रहेंगी टीकाकरण के लिए आवागमन करने वालों को भी छूट दी जाएगी इसके अलावा केवल आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी टेस्ट ट्रैक ट्रीट के सिद्धांत पर अमल करने क परिणाम स्वरूप प्रदेश के रिकवरी दर में लगातार सुधार हो रहा है

यह जानकारी प्रदेश सरकार द्वारा जारी बयान में दी गई

वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य है सम्बंधित आयु के लोग अपना पंजीयन जरूर कराये और टीकाकरण केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रख प्रदेश के अस्पतालों में किसी भी मरीज को भर्ती होने के लिए किसी भी प्रकार के रेफरल लेटर की कोई आवश्यकता नहीं है कोई भी मरीज सुविधानुसार किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हो सकता है राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियाशील सीएचसी की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए यहां प्राथमिकता के आधार पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराये जाए प्रत्येक जिले में दो सीएचसी को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में तैयार किया जा रहा है

इसके अलावा पीएम केयर्स फंड के माध्यम से और भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में डीआरडीओ द्वारा तैयार किए जा रहे अटल बिहारी वाजपेई कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया

डीआरडीओ की टीम ने चंद दिनों के भीतर ही इस हास्पिटल को तैयार किया है और अब यह अस्पताल अपनी सेवाएं देन के लिये तैयार है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

प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्पन्न होने के बाद दो मई को होने वाली मतगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने जारी एक बयान में बताया हैं कि प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मेडिकल हेल्प डेस्क खोले जायें जिन पर आवश्यक दवाइयों के साथ डॉक्टर भी उपलब्ध रहेंगे

उन्होंने कहा कि हर हालत में विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा और किसी को भी जुलूस की कतई अनुमति नहीं दी जायेगी

केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानन्द गौड़ा ने बताया है कि रेमडेसिविर के उत्पादन में तेजी होने स इसकी बढ़ी हुई उपलब्धता की समीक्षा के बाद आवंटन योजना संशोधित की गई है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 कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मई और जून में खाद्यान उपलब्ध कराने की घोषणा की है

भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक गिरीश कुमार ने आज बताया कि इस योजना के तहत भारतीय खादय निगम के गोदामों से खादयान की उठान शुरू हो गई है यह खाद्यान प्रदेश भर में भेजा रहा है

श्री गिरीश कुमार ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश सरकार के सारे खर्चे केन्द्र सरकार वहन करेगी

राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने श्रमिक दिवस की पूर्व संध्या पर सभी पत्रकार बंध्रओं और श्रमिक भाइयो को बधाई देते हुए उनके स्वास्थमय जीवन की कामना की है राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि राष्ट्र औरसमाज की प्रगति में श्रमिकों कामगारों और मेहनतकशों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन्होंने कहा कि मई दिवस हम सभी को श्रमिकों के हितों का संरक्षित रखने की प्रेरणा देता है राज्यपाल ने कहा है कि सभी लोग वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए बचाव के नियमों का कड़ाई से पालन करे और दूसरों को भी इसके लिये प्रेरित करे राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनन्दीबेन पटेल ने डॉक्टर सोनिया नित्यानंद को लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है

इसके साथ ही इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज के प्रभारी निदेशक सुनील गुप्ता को नये निदेशक की नियुक्त तक के लिये सेवा विस्तार दिया है